स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में आयोजित हो रही है कई गतिविधियां जयपुर में हुई मैराथन

भाजपा में टिकिट तय करने के लिये दिल्ली पैनल भेजने से पहले आज जयपुर में एक बार फिर चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी पार्टी में उम्मीदवारों के प्रति रायशुमारी का काम पूरा कर लिया गया है और दावेदारों का सर्वे भी किया जा चुका है इधर कांग्रेंस पार्टी में उम्मीदवारों के पैनल के लिये आज से नामों को अंतिम रूप दिया जायेगा इसके लिये स्क्रीनिंग समिति की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है कांग्रेस मैं टिकिट वितरण के दौरान विवाद की स्थिति से बचने के लिये प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मोहर लगने से पहले केन्द्रीय चुनाव समिति को नाम भेजे जायेंगे इधर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिये अपना घोषणा पत्र कल जारी कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लडेगी और किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी

उन्होंने कल जयपुर में रोड़ शो के जरिये शक्ति प्रदर्शन किया श्री बेनीवाल आज जयपूर में हुंकार रैली में नई पार्टी की घोषणा करेंगे उन्होंने कहा कि नयी पार्टी में समान विचारधारा वाले नेताओं को सम्मान दिया जाएगा

श्री गहलोत ने कहा कि बाजरा खरीद नहीं होने से किसान को भी अब तक निराशा ही हाथ लगी है जिससे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर में बाजरा बेचने को मजबूर हो रहा है

इसलिये जरूरी है कि सरकार को जल्द ही बाजरा खरीद केन्द्र शुरू करने चाहिये

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल झालावाड़ में भाजपा ब्रथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पूनिया ने झुन्झुनू में कहा कि पार्टी दीवाली के बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी

इसके लिये कठपुतली नुक्कड नाटकों और अन्य कार्यकमों में लोककलाओं के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित किया जायेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्दार्थ महाजन ने बताया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कार्भिकों को गंभीरता से लिया जाएगा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी इससे पहले कल स्वीप कार्यक्रम के तहत जयपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जेएलएन मार्ग पर लेट्स वोट जयपुर मैराथन को आयोजन किया गया दौड को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया दो श्रेणियों में आयोजित इस दौड़ में तीन हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि दीपावली पर विभिन्न प्रदर्शनियों के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान उनको आदर्श आचार संहिताका पालन करने चुनाव संबंधत विवरण और पेड न्यूज के बारे में जानकारी दी गई

आरोपी इन रूपयों की संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है

इस अवसर पर देशभर में रन फोर यूनिटी यानि एकता के लिये दौड का आयोजन किया जायेगा प्रदेश में इस दिन सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेगें इस अवसर पर दौड़ और बैण्ड के साथ मार्चपास्ट भी किया जायेगा

यह सुविधा प्रदेशभर में लागू की जाएगी इसके लिए अजमेर और जयपुर को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस ऐप में बच्चों को ऑडियो और विज़ुअल प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस ऐप के संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा

जो किसान गिरदावरी के अभाव में पंजीकरण नहीं करवा पाये थे वे अब अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये पंजीयन करा सकेंगे

सोयाबीन और मूंगफली के लिये भी ऑनलाईन पंजीकरण जारी है

ये दोनों युवक मुंबई जा रहे थे